प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी के बाद ठंड के असर में बढ़ोतरी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

श्री मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए आज लोक सूचना जारी होगी

कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावडेकर ने किसानों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मीडिया के जरिये बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं और सरकार इन पर नजर रखे हुए हैं उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं

श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद थे यह किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है

आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की

आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन देन किया जा सकता है

पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ किया जायेगा जो आज दो सत्रों में होगा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

इसी कड़ी में बीकानेर से लगती अंतरराष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर कल देर रात कावेरी सीमा चौकी पर बैटन रिले रेस का श्भारंभ किया गया

बीकानेर सहित कुछ स्थानों पर शीतलहर और कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित है